झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने बरहेट और दुमका सीटों पर जीत दर्ज की वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व सीट से चुनाव हार गए मुख्यमंत्री रघुबर दास ने हार स्वीकार करते हुए त्याग पत्र दे दिया है राज्यपाल ने उन्हें अगली सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है

चुनाव अधिकारी राजेन्द्र गहलोत ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया गया है चुनाव राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नित्यानन्द राय और बैजयंत जय पण्डा की उपस्थिति में होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि और खाद्य संगठन की बैठक में अगले साल दोबारा टिड्डी हमला होने की आशंका जताई है

इस दौरान बताया गया कि यमन में अच्छी बारिश होने के कारण टिड्डी दल अदन की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए भारत आ गए हैं टिड्डी चेतावनी संगठन जोधप्र के उप निदेशक डॉ के एल गुर्जर के अनुसार टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर गतिविधियां जारी है इधर जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र में टिड़िडयों ने हमला बोला और वे जिले के खेजड़ियाली रायपुर वेडिया सहित आसपास के कई गांवों में फैल गयी जिला प्रशासन ने टिड्डी नियंत्रण दल को सूचना दी जिसके बाद मौके पर बचाव दल पहुंचे

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उदयपुर जिले के झल्लारा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया

इधर ब्यूरो ने कल बांसवाड़ा में कार्रवाई करते हुए एक हैड कांस्टेबल को भी पांच सौ रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

जयपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नकली दवाओं की आपूर्ति करने के आरोपी को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया इस मामले के दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है अजमेर जिले के मदनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकंडरी परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है

इस सीजन में पहली बार फतेहपुर में पारा जमाव बिन्दु पर पहुंच गया है